यह मन की बात का इस वर्ष का दूसरा और अब तक का इकतालिसवां संस्करण होगा इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा नीट परीक्षा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस वर्ष मई या इसके बाद विदेशों से चिकित्सा योग्यता हासिल करने के इच्छुक भारतीय उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट अनिवार्य रूप से क्वालीफाई करनी होगी

सांसद सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कल भुंतर के समीप त्रैहण नरोगी सड़क का उद्घाटन किया और पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाई

बालनाटाह भाजपा नेता व पूर्व विधायक खुशीराम बालनाटाह को राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है कल देर सांय प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की बालनाटाह पहले भी इस बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं आभार नई पैंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन की कांगड़ा जिला इकाई ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का सेवाकाल दो साल बढ़ाने पर सरकार का आभार जताया है एसोसिएशन के जिला प्रधान राजिन्द्र मन्हास ने केन्द्र द्वारा नई पैंशन स्कीम कर्मचारियों को दिए जा रहे लाभ जारी करने का आग्रह भी सरकार से किया है मौसम राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं जबकि जनजातीय जिलों किन्नौर व लाहौल स्पीति की उंची चोटियों पर बीती रात से हल्का हिमपात हो रहा है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है कल्लू और चंबा जिलों के अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी का समाचार है जबकि निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है कांगड़ा हमीरपुर व बिलासपुर जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चल रही है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

जबकि दैनिक जागरण लिखता टेट आधार पर नहीं होगी जेबीटी भर्ती बद्दी नालागढ़ दौरे के दौरान अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री की नाराजगी को लेकर पंजाब केसरी लिखता है एसपी और डीसी पर गिरी अव्यवस्थाओं की गाज बदल दिया था रूट जाम में फंस गया था मुख्यमंत्री और राज्यपाल का काफिला इसी खबर पर दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है डीसी सोलन एसपी बद्दी पर अव्यवस्थाओं की गाज आपका फैसला के अनुसार डीसी व बद्दी के एसपी के तबादले से हड़कंप दैनिक न्याय सेतू का कहना है डीसी सोलन के बाद एसपी बद्दी गौरव भी ट्रांसफर हिमाचल दस्तक के मुताबिक विनोद कुमार नए डीसी होंगे रानी बिंदु सचदेवा एसपी पद संभालेंगीं जंगल में लगी आग गांव तक पहुंची छह घर जलकर राख शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कुल्लू जिले के नित्थर में अग्निकांड वाहन भी जला मवेशी झुलसे जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं निरमंड में छह पुस्तैनी घर राख

गुडिया प्रकरण से जुड़े लॉकअप हत्याकांड मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है जैदी समेत नौ पुलिस वालों के वॉयस सेंपल लिए जाएंगे वहीं दैनिक भास्कर का कहना है आईजी जैदी व अन्य पुलिस वाले वॉयस सैंपलिंग के लिए तैयार पंजाब केसरी लिखता है जेल में बंद आरोपी कॉस्टेबल के नाम से आया पत्र बम

दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है खुशीराम बालनाटाह होंगे सहकारी बैंक के अध्यक्ष पत्र लिखता है छोटी काशी से चुनावी बिगुल फूंकेगी कांग्रेस

इसी पत्र की एक अन्य खबर है राशन डिपो में अब चार में से चुननी होंगी तीन दालें एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय शिक्षा की दुकानदारी में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर चिंता जताई है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय कहीं तो पेड़ काटने जरूरी में लिखा है कि प्रदेश में तीन कम उंचाई वाले क्षेत्रों में साल खैर और चीढ़ के पेड़ काटकर सिल्वी कल्वर के तहत जंगल के प्राकृतिक निर्धारण को सशक्त किया जाएगा आपका फैसला ने अपने संपादकीय में राज्य में गौ नस्ल में सुधार की दिशा में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों का स्वागत किया है